इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उ ायों का शालन करें मास्क हनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें आक्सीजन एक्सप्रेस केंद्र सरकार ने रेलगाड़ियों के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडरों और टैंकरों की आप्र्ति शुरू करने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का फैसला लिया गया है केंद्रीय मंत्री ीयूष गोयल ने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तेज़ी से आवाजाही और राज्यों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन समय प्रर उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है

उधरप्रदेश सरकार ने भी इंदौर संभाग के थांच जिलों बड़वानीखरगोनझाब्आ ब्रहान र और अलीराज र में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्था त करने का निर्णय लिया है संभाग आय्क्त डॉ वन क्मार शर्मा ने बताया कि कोविड संक्रमण के उ चार में जरूरी मेडिकल ऑक्सीजन की आ ूर्ति स्निश्चित करने के लिए इन संयंत्रों की स्था ना की जा रही है

चिकित्सा उ करण केन्द्र सरकार ने आठ चिकित्सा उपकरणों की आप्र्ति श्रृंखला स्निश्चित करने के लिए संबंधित प्रावधानों में छह महीने की छूट दी है इस छूट का लाभ सीटी स्कैन उ करण एमआरआई उ करण ीएटी उ करण डायलिसिस मशीन एक्सरे मशीन और बोन मैरो सेल सै रेटर आदि र मिलेगा मौसम राजधानी भो ाल समेत प्रदेश के क्छ हिस्सों में सुबह से हल्के बादल छाने के कारण गर्मी से राहत है मौसम विभाग के अन्सार अरब सागर प्र बने एक प्रति चक्रवात के कारण प्रदेश के वातावरण में हवा के साथ नमी आने का सिलसिला बना हआ है

दो दिन बाद मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा और ता मान में वृदधि के साथ प्रचंड गर्मी डऩी शुरू हो जाएगी जबल ुर में शाम तक फिर मौसम बदलने की संभावना जताई गयी है